कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही ना बरतें सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से उपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवायें सुरक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें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 प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि भारत ने एकजुट होकर पिछले वर्ष कोरोना को हराया है और वह ऐसा समान सिद्धांतो पर काम करते हुए फिर कर सकता है

बैठक में औषधि ऑक्सीजन वेंटीलेटर और वैक्सीनेशन के विभिन्न पक्षो पर विचार विमर्श हुआ श्री मोदी ने कहा कि परीक्षण निगरानी और उपचार का कोई विकल्प नहीं है श्री मोदी ने राज्यो के साथ निकट समन्वय पर जोर दिया उन्होंने कहा कि कोविड रोगियों के लिए अस्पताल में बिस्तरों की उपलब्धता बढाने के सभी आवश्यक उपाय किये जाने की जरूरत है उन्होंने अस्थायी अस्पतालों और पृथकवास केन्द्रों के जरिये अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था करने का निर्देश दिया प्रधानमंत्री ने कहा कि दवाओं की बढती मांग पूरी करने के लिए देश के औषधि उद्योग की पूरी क्षमता के उपयोग की जरूरत है उन्होंने रेमडेसिविर और अन्य औषधियों की आपूर्ति की समीक्षा की श्री मोदी ने वेंटीलेटर की उपलब्धता और आपूर्ति स्थिति की भी समीक्षा की उन्होंने कहा कि वास्तविक समय निगरानी प्रणाली शुरू की गई है और संबंद्व राज्य सरकारों को इसके उपयोग के लिए जागरूक किया जाना चाहिए केन्द्र के हस्तक्षेप से रेमडेसिविर दवा की कीमत कम हो गई है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 सरकार के इस कदम से यह दवा किफायती मूल्यों पर उपलब्ध होगी

सिनजेन इंटरनेशनल के रेमविन की कीमत अब तीन हजार नौ सौ पचास रूपये के स्थान पर दो हजार चार सौ पचास रूपये होगी डॉक्टर रेड्डी के रेडिक्स का मूल्य पांच हजार चार सौ रूपये के स्थान पर दो हजार सात सो रूपये होगा केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्यों से कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन आपूर्ति की सुविधाएं तथा अन्य संबंधित बुनियादी ढांचा तैयार करने की योजना समय से पहले बनाने को कहा है उन्होंने राज्यों से अपने अपने क्षेत्र में पांच छह शहरों पर ध्यान देने का अनुरोध किया है और कहा है कि इन शहरों या आस पास के जिलों में मेडिकल कॉलेजों की पहचान की जानी चाहिए

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में कोरोना संक्रमण के तेजी से बढ़ते मामलों को लेकर कल सर्वदलीय बैठक की

इस दौरान कोरोना की रोकथाम और बचाव के सिलसिले में राजनीतिक दलों के द्वारा कई अहम सुझाव दिये गए सभी दल सरकार के साथ दिखे मुख्यमंत्री ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में विचार विमर्श के दौरान जो अहम सुझाव आए हैं वे काफी महत्वपूर्ण हैं इससे सरकार को कोरोना से निपटने को लेकर आगे की रणनीति तैयार करने में मदद मिलेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर को रोकने और संक्रमितों को इलाज की बेहत सुविधा मिले इस पर वे लगातार नजर बनाये हुए हैं श्री सोरेन ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए कहा कि वर्तमान हालात से हम सभी वाकिफ हैं इसकी भयावहता जग जाहिर है हर दिन संकमितों और मृतकों की संख्या तेजी से बढ़ रही है सरकार टेस्ट ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट की दिशा में तेजी से काम कर रही है उन्होंने बताया कि जांच में तेजी लाने के लिए कोवास मशीन खरीदी जा रही है मुख्यमंत्री ने कहा कि दवाइयों की किल्लत रोकने के लिए सभी समुचित कदम उठाये जा रहे हैं

पिछले चौबीस घंटे में तीन हजार आठ सौ अड़तीस नए कोरोना संक्रमित मिले हैं इसमें सर्वाधिक एक हजार चार सौ दस राजधानी रांची के हैं वर्तमान में राज्य में सकिय मरीजों की संख्या बढ़कर पच्चीस हजार छह सौ उन्नीस हो गई है पिछले चौबीस घंटे में एक हजार दो सौ चौतीस मरीज स्वस्थ भी हुए हैं प्रदेश में मरीजों के स्वस्थ होने का दर घटकर बयासी दशमलव नौ नौ प्रतिशत पर पहुंच गई है कल राज्यभर में तीस मरीजों की मौत हो गई अब तक राज्य में एक हजार तीन सौ छिहत्तर मरीजों की मौत हो चुकी है राज्य के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की लचर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान से दर्ज जनहित याचिका पर वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से कल सुनवाई करते हुए नाराजगी जतायी मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य में कोरोना वायरस की दवा रेमडेसिविर डाक्सीसाइक्लिन और फैवी पीरावीन की कमी को लेकर सरकार को निर्देश दिया कि हर हाल में आम लोगों को दवा उपलब्ध करायी जाए किसी भी तरह की कोताही और लापरवाही नहीं हो लातेहार जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए वेंटिलेटर की सुविधा बढ़ायी जा रही है

झारखंड को पदाधिकारियों को पीछे हटना पड़ा अब मैथन स्थित बरजोड़ के समीप कोरोना टेस्ट के लिए कैंप बनाया जा रहा है मध्यपुर विधानसभा उपचुनाव में कल कुल इकहत्तर दशलव छह शून्य प्रतिशत मतदान हुआ जो दो हजार उन्नीस में हुए विधानसभा चुनाव के मुकाबले करीब दो फीसदी कम है पुरूषों से अधिक महिला मतदाताओं में वोटिंग को लेकर उत्साह देखा गया महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत तिहत्तर दशमलव तीन एक प्रतिशत रहा जबकि सत्तर दशमलव शून्य सात प्रतिशत पुरूष मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया यहा मुख्य मुकाबला झामुमो प्रत्याशी हफीजुल हसन और भाजपा प्रत्याशी गंगा नारायण सिंह के बीच है झारखंड उच्च न्यायालय ने कल राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को करोड़ो रूपये के चारा घोटाले के दुमका खजाने के मामले में जमानत दे दी इससे कारावास से उनकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया न्यायालय ने श्री यादव को जमानत अवधि के दौरान बिना अनुमति के देश नहीं छोड़ने अपना पता और मोबाइल फोन नम्बर नहीं बदलने के निर्देश दिये हैं

कंपनियों द्वारा सीएसआर एक्टिविटी के दौरान ऑक्सीजन सिलेंडर तथा एंबुलेंस जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जाएगा

उन्होंने कहा अपने अपने उद्योग में कार्यरत मेडिकल स्टॉफ डॉक्टर्स एम्बुलेंस ऑक्सीजन सिलिंडर वेंटीलेटर इत्यादि उपकरण की जानकारी सूचीवार जिला प्रशासन के साथ साझा करें जिससे अवश्यकता पड़ने पर उपयोग में लाया जा सकें

जैक द्वारा कल जारी की गई अधिसूचना में कहा गया है कि एक जून को परिस्थति का आकलन करने के बाद परीक्षा के आयोजन से संबंधित अगली सूचना प्रकाशित की जायेगी जैक के अध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा की नई तिथि निर्धारित करते समय परीक्षार्थियों की सुविधा का ध्यान रखा जायेगा उन्हें परीक्षा की तैयारी के लिए पंद्रह दिनों का अतिरिक्त समय दिया जायेगा जैसा कि आपको मालूम है कि संकमण के कारण पहले ही बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं स्थगित की जा चुकी हैं आईपीएल क्रिकेट में आज रॉयल चैलेंजर्स बैंगलुरू का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से और दिल्ली कैपिटल्स का पंजाब किंग्स से होगा

मुंबई इंडियंस के लिए बोल्ट और राहुल चहर ने तीन तीन विकेट लिए हैदराबाद के लिए मुजीबुर्रहमान और विजय शंकर ने दो दो विकेट लिए काइरेन पोलार्ड को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया और आइये अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां राज्य से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने प्रदेश में लगातार बढ़ रहे कोरोना संकमण को रोकने के लिए हई सर्वदलीय बैठक की खबर को प्रमुखता से पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है प्रभात खबर की सुर्खी है कोरोना से जंग में सभी दल सरकार के साथ लॉकडाउन पर एक राय नहीं सर्वदलीय बैठक में भाजपा झामुमो लॉकडाउन के पक्ष में कांग्रेस व वामदल नहीं वहीं हिन्दुस्तान ने लिखा है हेमंत सोरेन ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांगी सेना की मदद सुबे में तीन हजार तीन सौ अड़तीस नए संक्रमित तीस मरे दैनिक भास्कर के पहले पन्ने की सुर्खी है झारखंड को सिर्फ चार सौ पचास डोज रेमडेसिविर मिले तत्काल जरूरत दस हजार की दिल्ली में आप हमारे प्रतिनिधि दर्द दूर किजिए दैनिक जागरण ने अपने पहले पन्ने पर सभी को मेडिकल किट देगी सरकार मुख्यमंत्री हेमंत सोरन ने दिये कई निर्देश होम आइसोलेशन में रहने वालों को सुविधाएं शीर्षक को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान टाइम्स ने अपने पहले पन्ने पर लिखा है राजधानी नई दिल्ली में रिकार्ड चौबीस हजार नए कोरोना संक्रमित के केस एक दिन में मिले